संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन हजार एक सौ छह हुई देश के विभिन्न भागों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी

सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में तीन सेंटीमीटर रिकार्ड की गयी वंदे भारत अभियान के तहत कुवैत और बांग्लादेश में फंसे बिहार के तीन सौ इक्कीस प्रवासी आज विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे एक सौ सत्तर यात्री ढाका और एक सौ इक्यावन लोग कुवैत से पहुंचे हैं इन सभी यात्रियों को एक होटल में सात दिनों के लिये क्वारेंटीन में भेज दिया गया है राज्य सरकार की ओर से क्वारेंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसके लिये यात्रियों को भुगतान करना होगा अब तक बिहार और झारखंड के सात सौ बारह यात्री विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर उतरे हैं ये लोग लंदन ओमान कतर किर्गिस्तान और म्यामार में फंसे हुए थे अगले महीने की तीन तारीख तक इस मिशन के अंतर्गत प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन हजार एक सौ छह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है जबकि इस महामारी से पंद्रह लोगों की मृत्यु हुई है आज सबसे ज्यादा मामलों की पुष्टि गया जिले से हुई जहां बारह मामले सामने आये हैं वहीं नवादा से दस पूर्णिया से आठ खगड़िया भागलपुर और सीवान से पांच पांच सुपौल से तीन पटना और गोपालगंज से दो दो तथा औरंगाबाद और बेगूसराय जिले से संक्रमण का एक एक मामला सामने आया है राज्य में अब तक दस सौ पचास लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है सबसे अधिक दो सौ तैंतीस मामले पटना में आये हैं अब तक सत्तर हजार से अधिक लोगों के नमूनों की जांच की गयी है इधर देश के विभिन्न भागों से लौट रहे बिहारी प्रवासी कामगारों में बड़े पैमाने पर संक्रमण की पुष्टि हुई है तीन मई के बाद प्रदेश लौटने वाले इक्कीस सौ अड़सठ लोगों में महामारी की प्रष्टि हुई है इधर देश में कोविड उन्नीस के कुल मामलों की संख्या एक लाख अंठावन हजार तीन सौ तैंतीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक सौ चौरानवे मौतें दर्ज हुई देश भर में कुल मृतकों की संख्या चार हजार पांच सौ इकतीस हो गई है देश में कोरोना से संक्रमित सड़सठ हजार छह सौ बानवे लोग स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर बयालीस दशमलव सात पांच हो गई है पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के तीन हजार दो सौ छियासठ रोगी ठीक हुए हैं और छह हजार पांच सौ छियासठ नए मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम क्षेत्र में कैल्शियम जीवन रक्षक घोल जिंक गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में आंखों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे को संक्रमणम्क्त करने और उसके दोबारा उपयोग करने के संबंध में एक परामर्श जारी किया है इसमें कहा गया है भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार चश्मे को उचित तरीके से विषाणुरहित करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है वरिष्ठ चिकित्सकों ने कोविड उन्नीस महामारी को लेकर गर्भवती महिलाओं से विशेष रूप से सावधान रहने की अपील की है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को हर तरह से जरूरी ऐहतियाती उपाय करना चाहिए

तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए इवन घर में भी बह्त मिलकर नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोडा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी मलाई है अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चअल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बनाकर रखें वरिष्ठ चिकित्सक नंद कुमार ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को कोविड उन्नीस महामारी से बचाव के लिये विशेष उपाय करना जरूरी है

श्री कुमार ने कहा कि बचाव के तौर पर फेस मास्क लगाना बहुत कारगर है

प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है आज उनासी रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख उनतीस हजार लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं सबसे अधिक अठारह ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं इधर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से भागलपुर के कहलगांव आ रही एक महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा के बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल की पहल पर शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं पटना उच्च न्यायालय ने मूजफ्फरपूर रेलवे स्टेशन पर मृत महिला का शव प्लेटफार्म पर पड़े रहने की घटना को लेकर मीडिया में आयी खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है भाजपा ने कहा है कि पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजूट है और पार्टी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा कर रहे हैं नई दिल्ली में आज डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देशभर में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान चला रहे हैं उन्होंने कहा कि अभियान के तहत उन्नीस करोड़ से ज्यादा लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया गया है और चार करोड़ से अधिक लोगों को सूखा राशन दिया गया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशभर में पांच करोड़ मास्क वितरित किए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने आज बिहार और गुजरात की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव को भी नोटिस जारी कर कहा कि जो गाड़ियां प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं वे न केवल देर से शुरू हो रही हैं बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन ले रही हैं आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि रेलगाड़ी की लम्बी यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी है आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि चार सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एनएचआरसी ने कहा है कि बिहार और गुजरात के मुख्य सचिव विशेष रूप से बताएं कि रेलगाड़ियों में सवार होने वाले प्रवासी मजद्रों के लिए चिकित्सा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकतीस मई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछले दो महीनों में नौ करोड़ सड़सठ लाख किसानों को लाभ हुआ है इसके लिए उन्नीस हजार करोड़ रुपये जारी किये गये हैं सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग चार लाख संतावन हजार मिट्रिक टन दालें राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को भेजी गई हैं इनमें से एक लाख अठहत्तर हजार मिट्रिक टन दालें तेरह करोड चालीस लाख लाभार्थियों को वितरित कर दी गई है सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारक लाभार्थियों को एक किलो ग्राम प्रति माह की दर से तीन महीने के लिए मुफ्त दालें एक लाख सत्तर हजार लोगों के बीच वितरित की जाएगी लॉकडाउन के बीच अपने घर लौटे लोगों को काम उपलब्ध करवाकर सीतामढ़ी जिले का बघारी गांव आजकल सुर्खियों में है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लघु और छोटे उद्योगों को दी जा रही मदद के तहत ऐसे लोगों को काम के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं

कोरोना वैश्विक महामारी के बीच अपने घरों को लौटे लोग स्थानीय मुखिया की पहल से अथॉपार्जन के साथ साथ मास्क की कमी को भी दूर कर रहे हैं दरअसल बाहर से लौटे सिलाई कटाई में हनरमंद लोगों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया है मुखिया पदमराज भारद्वाज कहते हैं कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप यहां बनाये गए मास्क का वितरण पंचायत के परिवारों के बीच किया जाएगा

जरूरत इस बात की है कि ऐसी पहल आगे भी जारी रहे और लोगों को उनके हुनर के अनुरूप काम मिलता रहे आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार प्रदेश में बाईस मार्च से अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उन्नीस करोड इक्यावन लाख रुपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है वहीं दो हजार तीन सौ संतानवें लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि दो हजार दो सौ चालीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं अब तक बयासी हजार से अधिक वाहन भी जब्त किये जा चुके हैं भारतीय खाद्य निगम के बिहार प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप क्मार पांडेय ने कहा है कि बिहार के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है श्री पांडेय ने कहा कि अभी तीन लाख इक्यावन हजार मीट्रिक टन गेहूं और चार लाख अठाईस हजार मीट्रिक टन चावल राज्य के उठाव के लिये भंडारण कर रखा गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की बारिश हई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक सेंटीमीटर से तीन सेंटीमीटर तक वर्षा रिकार्ड की गयी सबसे अधिक तीन सेंटीमीटर बारिश प्रर्णिया में दर्ज की गयी वहीं मधेप्रा सुपौल सीतामढ़ी सिवान गोपालगंज मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में दो दो सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णिया सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं एक जून को देश में केरल से मॉनसून प्रवेश करेगा पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नाडींस की जयंती बिहार में राजकीय समारोह के रूप में मनायी जायेगी राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी यह समारोह मुजफ्फरपुर में हर वर्ष तीन जून को मनाया जायेगा

संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन हजार एक सौ छह हुई

सबसे अधिक बारिश पूर्णिया में तीन सेंटीमीटर रिकार्ड की गयी